राष्ट्र आज संसद भवन पर आतंकवादी हमले के शहीदों को श्रद्धाजलि अर्पित कर रहा है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सांसदों ने संसद भवन परिसर में इन शहीदा को श्रद्धांजलि दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि नफरत और आतंक की शक्तियों ने भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को निशाना बनाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज का दिन इन शहीदों को श्रद्वाजंलि देने के साथ साथ यह याद दिलाने का भी दिन है कि आतंकवाद के खिलाफ़ संगठित प्रयासों की जरूरत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले के दौरान अपना जीवन बलिदान करने वाले शहीदों का साहस और उच्च आदर्श सभी भारतीयों को प्रेरणा देते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई लोकसभा में राफल विमान सौदे में कथित अनियमितताओं और कुछ अन्य मुद्दों की वजह से हंगामा हुआ दो बार के संक्षिप्त स्थगन के बाद सदन की फिर बैठक शुरू होने पर कांग्रेस सदस्य राफल विमान सौदे के बारे में सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचो बीच आ गए

शोरग़ल के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी उधर राज्यसभा में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और डीएमके सदस्यों के तमिलनाडु में कावेरी बेसिन के किसानों को संरक्षण देने की मांग को लेकर हंगामे के कारण सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि उन्नत तकनीकी से निजता और नियमन के क्षेत्रों में नई चुनौतियां सामने आई हैं श्री खरे मनोरंजन और मीडिया उद्योग में बाद्धिक सपंदा अधिकार और साहित्यिक चोरी के विषय पर नई दिल्ली में एसोचम को ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री खरे ने कहा कि मनोरंजन उद्योग में तीस प्रतिशत वृद्धि हुई है इसमें हर साल डेढ़ लाख और रोजगार जुटाने की क्षमता है उन्होंने कहा कि इस उद्योग को साहित्यिक चोरी से बचाना सरकार की प्राथमिकता है श्री खरे ने कहा कि इस दिशा में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ विचार विमर्श जारी है और अगर ज़रूरी हुआ तो क़ानून में बदलाव किया जा सकता है

मऊ में अभियान के पहले चरण के तहत ज़िले की बासठ ग्राम पंचायतों में किसान पाठशाला के माध्यम से कृषकों को खेती किसानी की आधुनिक तकनीकी की जानकारी दी गई हमीरपुर में किसान पाठशाला के जरिये किसानों को कृत्रिम गर्भाधान पश्पालन वानिकी पारदर्शी किसान सेवा योजना मोबाइल ऐप और ऑन लाइन लेन देन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई हापुड़ में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान पाठशालाओं में कृषि विशेषज्ञों ने सहफसली खेती का लाभ और विभिन्न योजनाओं पर मिलने वाले अनुदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी उधर संभल में चौसठ ग्राम पंचायतों में किसान पाठशाला आयोजित कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से किसानों को अवगत कराया गया किसान पाठशाला का पहला चरण पन्द्रह दिसम्बर को पूरा हो जायेगा जबकि द्सरा चरण सत्रह दिसम्बर से बीस दिसम्बर तक जारी रहेगा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

उन्होंने तीन राज्यों में पार्टी की हार के बारे में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है जबकि मध्य प्रदेश में कुछ सीटों से सत्ता हासिल करने से वंचित रह गये हैं

उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आहवान किया बुलंदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी योगेश राज सहित सभी फरार आरोपियों के खिलाफ गर जमानती वारंट जारी किया है इससे पहले पुलिस इस मामले में एक अन्य प्रमुख आरोपी सेना के जवान जितेन्द्र मलिक उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर चुकी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फरार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है तीन दिसम्बर को हुई इस हिंसा मामले में सत्ताईस नामजद और चौसठ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है

विशेष जांच दल एसआईटी इस मामले की जांच कर रहा है रेलवे आगामी जनवरी में प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले के लिए सात अरब रुपए की लागत से इकतालीस परियोजनाओं पर काम कर रहा है इनमें से उन्तीस परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और बाको जल्द ही पूरी हो जाएंगी कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज जिले के विभिन्न स्टेशनों से लगभग आठ सौ विशेष रेलगाड़ियां चलाये जाने का प्रस्ताव भी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा ह कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं देने का माध्यम है लखनऊ में जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित सत्रह मेडिकल कॉलेज और चौदह सौ अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं श्री शुक्ला ने कहा कि योजना के तहत गंभीर रोगों से ग्रसित साढ़े आठ हजार से ज़्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कूल्हा प्रत्यारोपण घुटना प्रत्यारोपण के साथ साथ लिवर और गुर्दे की बीमारियों का उपचार आसानी से गरीबों को मिल रहा है पीलीभीत के जिलाधिकारी अखिलेश कुमार मिश्रा ने ज़िले क बरखेड़ा में संचालित बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड चीनी मिल के ख़िलाफ़ आरस़ी जारी कर गन्ना किसानों का बक़ाया दिलवाने का निर्देश ज़िला गन्ना अधिकारी को दिया है इस चीनी मिल ने गन्ना किसानों का पिछले सत्र का तिरासी करोड़ रूपये का बकाया अभी तक अदा नहीं किया है ज़िले में संचालित चीनी मिलों के कामकाज की समीक्षा करते हुए ज़िलाधिकारी ने पूरनपुर और बीसलपुर श्गर मिलों के बार बार बंद होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मिल प्रबंधकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है उन्होंने गन्ना किसानों को समय से पर्चियां उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है